राज्यपाल ने अपने एक घंटे के अभिमाषण में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुये सरकार ने अपराधमुक्त भयमुक्त और अन्यायमुक्त वातावरण तथा कानून का राज्य स्थापित किया है राज्यपाल ने कहा कि पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये महानगरीय क्षेत्रों में सरकार ने पुलिस आयक्त प्रणाली लागू की है पहले चरण में इसे लखनऊ और गौतमबुद्धनगर में लागू किया गया है उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को पुलिस की सभी सेवाएं सरलता से उपलब्ध हो इसके लिये यूपीकॉप मोबाइल ऐप बनाया गया है इस ऐप को अब तक पांच लाख से अधिक लोग डाउनलोड कर चुके हैं इस सरकार के कार्यकाल के दौरान सभी सम्प्रदायों के बीच आपसी सौहाई कायम रहा है राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन में मौजूद समाजवादी पार्टी बहजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने हंगामा किया इन सदस्यो ने प्रदेश में कानून व्यवस्था और किसानों की दयनीय स्थिति बेरोजगारी नागरिकता संशोधन कानून और अन्य मुद्दों को लेकर भारी शोरशराबा किया और नारेबाजी की केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थो की तस्करी पर नियंत्रण के लिए योजनाबद्व दृष्टिकोण अपना रही है नई दिल्ली में विम्सटेक देशों में नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटने के विषय पर सम्मेलन में श्री शाह ने कहा कि सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए विभिन्न संगठनों के बीच समन्वय की रूपरेखा तय करेगी गृहमंत्री ने कहा कि भारत नशीले पदार्थों की तस्करी और कारोबार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपना रहा है उन्होंने इस बात पर बल दिया कि केन्द्र नशीले पदार्थो की तस्करी रोकने के लिए पूरी तरह समर्पित है श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना भारत को नशीले पदार्थो से मुक्त बनाना है उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर लम्बित आपराधिक मुकदमों का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें

न्यायालय ने राजनीतिक दलों को यह भी निर्देश दिया कि वे अपनी वेबसाइट पर कारण बतायें कि ऐसे उम्मीदवारों का चुनाव क्यों किया गया है जिन के खिलाफ आपराधिक मुकदमे लम्बित हैं राजनीतिक दलों को फेसब्क और टिवटर जैसी सोशल मीडिया तथा एक स्थानीय भाषा और एक राष्ट्रीय अखबार में भी यह ब्यौरा प्रकाशित कराने का निर्देश दिया गया है न्यायालय ने राजनीतिक दलों से आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे उम्मीदवार को चुनाव में उतारने का फैसला करने के बहत्तर घंटों के अन्दर निर्वाचन आयोग को सूचना देने के निर्देश का अनुपालन करने संबंधी रिपोर्ट भी मांगी है आज विश्व रेडियो दिवस है इसका उद्देश्य जनता और मीडिया में रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है यह दिन रेडियो की अनोखी क्षमता को याद करने के लिए भी मनाया जाता है यह आम लोगों के जीवन से सीधा जुड़ा है और दुनिया के सभी भागों के लोगों को जोड़ता है इस वर्ष के रेडियो दिवस का मुख्य विषय है रेडियो और विविधता संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरस ने इस अवसर पर अपने संदेश में लोगों से अनुरोध किया है कि ये विविता को बढ़ावा देने के लिए रेंडियो की ताकत को समझे और अधिक शांतिपूर्ण तथा समावेशी विश्व के निर्माण में मदद करें भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि रोखर वेम्पटि ने कहा है कि देश के अनेक भागों में अब भी लोग सूचना के बुनियादी स्रोत के रूप में रेडियो पर निर्मर हैं उन्होंने आकाशवाणी की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए उठाये गये विभिन्न कदमों का भी जिक्र किया है फिरोजाबाद के पास हुई सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या तेरह हो गई है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सचिंद्र पटेल ने आकाशवाणी को बताया कि दुर्घटना में इकतीस लोग घायल हुए हैं घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है बस में ज्यादातर यात्री बिहार के थे कल रात फिरोजाबाद जिले में नागला खांगर इलाके में एक डबल डेकर बस के कंटेनर ट्रक से टकरा जाने के कारण यह घटना हुई ये बस दिल्ली से बिहार जा रही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से घायलों की हरसंभव मदद करने का निर्देश दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि दुर्घटना में कई यात्रियों की जानें गई हैं उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की